प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशवस्त किया है कि देश हमारी ताकत और दृढ़ता के साथ कोरोना महामारी की च्नौती से उभर जायेगा उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश नहीं जो मुश्किल हालातों में उम्मीद छोड़ देगा

नमोन्वेष के कारण कृषि की नई तकनीकों की वजह से रिकार्ड खरीद का उल्लेख करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को बार प्रत्यक्ष अंतरण का लाभ मिलना श्रू हो गया है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों के लिए बहत ही लाभकारी रही है उन्होंने बताया कि पहली बार पश्चिम बंगाल के सात लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है कोविड महामारी का जिक्र करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में इसके मामले सामने आये है उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे अपने अपने इलाकों में सम्चित साफ सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक करें इस अवसर पर श्री मोदी ने राज्यों से दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का आहवान किया है प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे सम्चित तरीके से मास्क पहनें और कोविड के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से परामर्श करें कोविड के साथ लड़ाई में सरकार के संकल्प को दोहराते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि वे महामारी में जान गवांने वाले प्रत्येक नागरिक के परिजनों के द्ख दर्द समझते है

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचती की

केन्द्र सरकार प्रत्येक किसान को उसकी ज़मीन के हिसाब से इस योजना का लाभ पहचाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने के लिए वचनबदध है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री दवारा किसानों के खाते में पीएम किसान की आठवीं किस्त जारी करने का स्वागत किय है और कहा है कि इससे हरियाणा के लाखों किसान लाभान्वित होंगे केन्द्रीय जल शकित एवं सामाजिक नयाय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने दिल्ली में कृषि मंत्रालय दवारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया

कार्यक्रम उपरान्त श्री कटारिया ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है

केन्द्र सरकार बाकी रह गये किसानों के पंजीकरण के लिए भी प्रयासरत है

राज्यों की आवंटित ख्रकों के तर्कसंगत और न्यायसंगत उपयोग तथा वैक्सन को व्यर्थ न करना सम्बधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा गया है

ईद उल फितर आज पूरे देश मे कोरोना महामारी के चलते सदगी से मनाई जा रही है कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हये ईदगाहों और मजिस्दों में कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा दिल्ली के जामा मस्जिद क शाही इमाम सैय्यद अहमद ब्खारी और फतेहप्री मजिस्द के शाही इमाम म्फ्ती म्कर्रम अहमद सहित अनेक म्स्लिम विद्वानों और संगठनों ने लोगों से ईद की नमाज़ कोविड नियमों का पालन करते हये घर पर अद करने की अपील की है रमज़ान के पाक महीनें के बाद पंचकूला की जामा मस्जिद में ईद उल फितर के अवसर पर नमाज़ अदा की गई मस्जिद के मौलाना नदीम ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र मौलाना सहित पांच लोगों ने नमाज़ अदी की

अम्बाला में लोगों ने घरों में रहकर ईद की नमाज पढ़ी और कोरोना संक्रमण के जल्द खतम होने की द्आ की भाईचारे का प्रतीक ईद त्यौहार के अवसर पर चूना चौक स्थित जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अज़गर ने बताया कि कोरोना के चलते लोगों को घर पर ही ईद की त्यौहार मनाया हरियाणा के भगवान परश्राम जयंती धूमधाम से मनाई गई श्री ब्राहमाण सभा सिरसा द्वारा आज भगवान श्री परश्राम की जयंती मनाई गई

भिवानी की बागकोठी में भगवान परश्राम की जयंती कोरोना के दिशा निर्देशों का पालना करते हए मनाई गई

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कोरोना संक्रमित से ठीक होने वाले मरीजों में हो रही ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है कुमारी सैलजा ने कहा कि देश के द्सरे प्रदेशों की तरह ही कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उन्होंने मांग की है कि सरकार डॉक्टरों की एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन करे जो पूरे प्रदेश के जिलों के हालातों पर नजर रख सके और ऐसे मरीजों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध कराए साथ ही हरियाणा सरकार ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज और दवाइयों का पूरा खर्च उठाए

हरियाणा सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का दो दो लाख रूपये का बीमा करने का फैसला लिया है गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान गरीब परिवारों के लिए भी प्रदेश सरकार दवारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं ताकि संकट के समय में चिकित्सा की दृष्टि से एवं अन्य परिस्थिति में उनके सामने जीवन यापन के लिए कोई परेशानी न हो